मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा

इसके लिए कालका से दक्षिण भारत के लिए दोगुना तेजी से चलने वाली रेल गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी ये जानकारी केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत में दी

पीयूष गोयल ने शिमला से समरहिल तक रेलवे के स्पेशल विस्ताडोम और झरोखा कोच के साथ टॉय ट्रेन में भी सफर किया पीयूष गोयल ने रेल अधिकारियों के साथ शिमला रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री इसके बाद होटल ली मेरिएट में भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग की बैठक में शिरकत करेंगे इस दौरान वे वहां मन की बात कार्यक्रम में भी सहभागी बनेंगे

मुख्यमंत्री क्षेत्र की राजपूत बस्ती थाना के लिए रत्ता खड्ड पर निर्मित होने वाले स्पैन पुल तथा महिला पुलिस थाना बद्दी का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री तदोपरांत हाण्डा कृण्डी में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे भेंट विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कल राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की उन्होंने विधानसभा परिसर में कल विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्यपाल के साथ किए गए दुर्व्यहार पर दुख जताया और चिंता जाहिर की

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के हवाले से लिखता है कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल की गाड़ी तोड़ने की कोशिश पुलिस ने स्पीकर को सौंपी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट कमेटी भी की गठित पंजाब केसरी का शीर्षक है विधानसभा का सुरक्षा घेरा बढ़ेगा दैनिक भास्कर लिखता है सुरक्षा में बदलाव अब ट्रेंड कमाडों के सुरक्षा घेरे में ही चला करेंगे राज्यपाल दैनिक जागरण के शब्द हैं विधायकों की गिरफ्तारी पर अध्यक्ष लेंगे निर्णय पत्र लिखता है हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई जबकि आपका फैसला लिखता है नेतृत्व और दिशा विहीन हो गई है कांग्रेस केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है किसानों की एक इंच जमीन नहीं जाएगी आपका फैसला के शब्द हैं दो साल से रेल एक्सीडेंट में एक भी जान नहीं गई अमर उजाला की सुर्खी है कालका से ढाई दिन में चेन्नई पहुंच जाएगा हिमाचल का सेब

दैनिक जागरण का कहना है दो दिन में कालका से दक्षिण भारत पहुंचेगा हिमाचल का सेब

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है नया अजूबा होगा शिवधाम सीएम जयराम ने मंडी के कांगणी में रखी आधारशिला पीएम मोदी की है कल्पना

हिमाचल दस्तक की एक खबर है निजी स्कूल फीस पर आएगा नया कानून हिमाचल की सुषमा व हरलीन की टीम इंडिया में वापसी अमर उजाला की एक ख़बर है